राज्य सरकार ने हड़ताली शिक्षकों के वेतन पर लगायी रोक

केन्द्र सरकार ने डेयरी क्षेत्र से जुड़े पंचानवे लाख किसानों को कर्ज की दर में ढाई प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि श्वेत क्रांति को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के जरिए इस क्षेत्र में चालीस अरब रूपये से अधिक की धनराशि खर्च की जायेगी

वहीं मंत्रिमंडल ने दस हजार नये किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना का फैसला किया है श्री जावड़ेकर ने बताया कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के डेढ़ लाख अवसर उपलब्ध होंगे देश के तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक मिशन शुरू करने जा रही है मुदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है

इस अवसर पर मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए श्री तोमर ने कहा कि अब प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना किसानों के लिए अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगी

लेकिन फिर भी राज्यों को किसानों को लगता था कि इस योजना को स्वैच्छिक किया जाना चाहिए तो आज मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के वैज्ञानिकों ने कम पानी में अधिक पैदावार वाले धान की दो प्रजाति स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण समृद्धि विकसित की है

उन्होंने बताया कि एक सौ पन्द्रह से एक सौ बीस दिनों में तैयार होने वाली इस धान की उत्पादकता पैंतालीस से पचास क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होगी राज्य सरकार ने हड़ताली शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है जो शिक्षक हड़ताल पर नहीं हैं उनके जनवरी और फरवरी महीने के वेतन के लिए सरकार ने सोलह सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया गया है इधर दरभंगा के बाईस हड़ताली शिक्षकों को बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नगर निगम के आयुक्त को शिक्षकों के नामों की सूची भेज दी है समान काम के लिए समान वेतन समेत अन्य मुद्दों को लेकर आज चौथे दिन भी प्रदेश के नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं हड़ताल के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है इधर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता मैट्रिक परीक्षा सम्पन्न कराना है परीक्षा समाप्त होने के बाद ही हड़ताली शिक्षकों से बातचीत की जा सकती है मैट्रिक परीक्षा के कल तीसरे दिन कदाचार के आरोप में तिहत्तर परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया सबसे अधिक नौ परीक्षार्थी मध्रबनी में निष्कासित किये गये पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि दंगा और आगजनी से नागरिकों को हुए जानमाल के नुकसान पर जो मुआवजा पीड़ितों को दिया जाता है वह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार है या नहीं न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह और अनिल कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को चार सप्ताह के अंदर जबाव दायर करने का निर्देश दिया है काशी महाकाल आज से शुरू हो रही है यह आई आर सी टी सी की तीसरी प्राइवेट रेलगाड़ी है यह रेल सेवा इंदौर के निकट ज्योतिर्लिंग आंकारेश्वर और उज्जैन में महाकालेश्वर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्री मोदी ने पिछले रविवार को इस ट्रेन का उद्घाटन किया था यह रेलगाड़ी सप्ताह में तीन बार वाराणसी और इंदौर के बीच चलेगी पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोकपुरी कॉलोनी में अपराधियों ने देर शाम एक आभूषण दुकान से बत्तीस लाख रूपये लूट लिये इनमें से बीस लाख रूपये के जेवरात और बारह लाख रूपये नकद था वरीय पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र शर्मा ने बताया कि अपराधियों ने लूट की घटना के दौरान दुकानदार के साथ मारपीट भी की इधर सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ड्मरिया चौक पर अपराधियों ने हथियार के बल पर एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से दो लाख सतासी हजार रूपये लूट लिये होमगार्ड जवानों की जन्मतिथि में गड़बड़ी होने के आधार पर उन्हें जबरन सेवानिवृत्त नहीं किया जायेगा होमगार्ड के डीजी राकेश कुमार मिश्र ने इस संबंध में सभी जिलों के समादेष्टा को आदेश जारी कर जन्मतिथि संबंधी गड़बड़ी के मामलों की तत्काल सुनवाई करने का निर्देश दिया है उन्होंन बताया कि सत्ताईस अगस्त दो हजार उन्नीस से पहले सेवानिवृत्त हुए होमगार्ड जवान अपीलीय प्राधिकार में अपनी जन्मतिथि में सुधार का दावा कर सकते हैं वाणिज्य कर विभाग ने सरकारी और निजी काम करने वाले पांच हजार ऐसे ठेकेदारों की पहचान की है जिन्होंने समय पर जीएसटी रिटर्न जमा नहीं किया है इनमें से सरकारी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले तीन सौ पचहत्तर ठेकेदारों की पहचान हुई है जिन्होंने अब तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है वाणिज्य कर विभाग ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे ठेकेदारों के विपत्र का भूगतान जीएसटी की राशि काटने के बाद ही करें मौसम विभाग ने आज से चार दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जतायी है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बनने के कारण तेईस फरवरी तक आसमान में बादल छाये रहेंगे और बारिश हो सकती है इस दौरान आठ से दस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरवा हवा भी चलेगी वहीं विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढोतरी हो सकती है मोतिहारी की एक अदालत ने केसरिया के पूर्व विधायक एजाज अहमद और उनके भतीजे की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनायी है यह मामला बयालीस साल पुराना है वहीं सुपौल जिले की एक अदालत ने ढाई साल पुराने एक दोहरे हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास और एक एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमूखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है राममंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में पदाधिकारियों के नाम पर मुहर महंत नृत्य गोपाल दास बने अध्यक्ष दैनिक जागरण की सुर्खी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसान प्रतिनिधियों से किया विमर्श खेती से जुड़े अधिकारियों को किसानों से संपर्क रखने का दिया निर्देश दैनिक भास्कर लिखता है हर जिले के एसपी एक गांव को गोद लेंगे प्रभात खबर ने लिखा है ब्रह्मेश्वर हत्याकांड की सूचना देने वालों के लिए सीबीआई ने दस लाख रूपये ईनाम की घोषणा की राष्ट्रीय सहारा के शब्द है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी सड़क खाली नहीं करेंगे दैनिक आज की सुर्खी है संविदाकर्मियों को नियमित करने को लेकर बनी उच्चस्तरीय समिति की बैठक आज

राज्य सरकार ने हड़ताली शिक्षकों के वेतन पर लगायी रोक